मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में समर्थन मूल्य पर धान और मक्के के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति को मंजूरी दी गई कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि धान खरीदी का कार्य एक दिसंबर से इकतीस जनवरी तक किया जाएगा वहीं मक्के की खरीदी एक दिसंबर से शुरू होगी जो इकतीस मई तक चलेगी इस साल प्रदेश में करीब नब्बे लाख मीटरिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है धान बेचने के लिए इक्कीस लाख छप्पन हजार किसानों ने पंजीयन कराया है सहकारी समितियों में किसानों को टोकन वितरण किया जा रहा है कृषि मंत्री ने बताया कि सर्वर में आई तकनीकी दिक्कतों के कारण टोकन वितरण कार्य प्रभावित हुआ है जिसे अब ठीक कर लिया गया है

कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि गोधन न्याय योजना के तहत संचालित विभिन्न शासकीय संस्थानों और गौठानों द्वारा उत्पादित जैविक खाद की खरीदी शासन के अन्य विभागों द्वारा सीधे की जाएगी

बैठक में लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा देने तथा इसके लिए बिना ब्याज के अल्पकालीन कृषि ऋण और ब्याज अनुदान दिए जाने का निर्णय भी लिया गया है इसी तरह छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी संशोधन विधेयक के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई जिसके तहत मण्डी टैक्स में वृद्धि का प्रस्ताव है बैठक में छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि और प्रबंधन नियम में निरस्त भूखंड पुर्नस्थापना और अन्य प्रावधानों में संशोधन का भी अनुमोदन किया गया है

इस इकाई में लघु वनोपज के अंतर्गत आयुर्वेदिक दवाएं जड़ी बूटी शहद लाख चिरोंजी महुआ बेल इमली बांस आदि का प्रसंस्करण होगा इसे आज मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई बैठक के कुछ अन्य फैसलों के बारे में कृषि मंत्री ने बताया कि कैबिनेट में आईटीआई की अंतिम परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को प्रायोगिक प्रशिक्षण पूर्ण कराने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को खोले जाने का निर्णय लिया गया है वहीं प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं दस दिसंबर और स्नातक कक्षाएं पंद्रह दिसंबर तथा सभी कक्षाएं एक जनवरी से प्रारंभ किए जाने के सुझाव पर चर्चा की गई इस पर कुलपतियों से रिपोर्ट मंगाए जाने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा कृषि मंत्री ने बताया कि राजधानी में प्राचीन गोल बाजार के लिए पट्टे पर दी गई जमीन को अब रायपुर नगर निगम को स्थायी तौर पर आवंटित किया जाएगा इसके लिए दर का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी बैठक में नवा रायपुर अटल नगर के औद्योगिक क्षेत्र के भूखंडों की वर्तमान प्रीमियम दर को भी पचास प्रतिशत कम किए जाने का निर्णय लिया गया कैबिनेट में छत्तीसगढ प्रवासी श्रमिक नीति का भी अनुमोदन किया गया मोटरयान कराधान नियम के तहत निष्प्रयोजित वाहनों से टैक्स माफी की अवधि इकतीस मार्च तक बढ़ाई गई है इसके अलावा वित्त विभाग के अंतर्गत स्थानीय निधि संपरीक्षा का नाम अब राज्य संपरीक्षा किए जाने के संबंध में संशोधन को भी मंजूरी दी गई छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर आज की बैठक में मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों ने छत्तीसगढ़ी में ही चर्चा की वहीं तीस नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे प्रदेश के मुख्य सचिव आरपी मंडल को आज की बैठक में औपचारिक विदाई दी गई उद्यानिकी फसल बीमा मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश में रबी मौसम की अधिसूचित उद्यानिकी फसलों टमाटर बैगन फूलगोभी पत्तागोभी प्याज और आलू का बीमा पंद्रह दिसंबर तक किया जाएगा बीमा योजना में सभी ऋणी और अऋणी किसान शामिल हो सकते हैं किसानों को फसल बीमा कराने के लिए अपने क्षेत्र के एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि लोक सेवा केन्द्र बैंक शाखा सहकारी समिति और शासकीय उद्यान रोपणी से संपर्क करना होगा भाजपा आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने राज्य सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश में समर्थन मुल्य पर धान खरीदी की तैयारियां अधूरी हैं और टोकन वितरण में भी अव्यवस्था है श्री साय ने मुख्यमंत्री से धान खरीदी को गंभीरता से लेने और किसानों को टोकन के नाम पर हो रही परेशानियों को खत्म करने तथा उपार्जन केन्द्रों में व्याप्त अव्यवस्था को दूर करने की मांग की है

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामबिहारी जायसवाल ने राज्य सरकार पर किसानों से वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भाजपा द्वारा किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन किया जाएगा

वर्तमान में इक्कीस हजार आठ सौ से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है इस बीच प्रदेश में कोरोना से अब तक दो हजार आठ सौ तेरह लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से बचाव के लिए केन्द्र और राज्य शासन द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं वहीं चंडीगढ़ पोस्ट ग्रेजुवेट इंस्टीट्यूट और यूनिसेफ द्वारा क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट ऑफ कोविड नांइटीन चैलेंज एंड रिकमेंडेशन विषय पर वेबीनार का आयोजन किया गया इस बीच अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडवानी गायिका और पदम विभूषण से सम्मानित तीजन बाई ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बेवजह घर से नहीं निकले और यदि बाहर जाए को मास्क जरूर लगाएं

छत्तीसगढ़ी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाने और उसके व्यापक प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन किया गया है इस अवसर पर आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय के सभागार में भी गोष्ठी का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से इस गोष्ठी का आभासी शुभारंभ किया इस मौके पर उन्होंने छत्तीसगढ़ी राजभाषा के प्रचार प्रसार साहित्य सृजन और संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदेश की नौ विभूतियों को सम्मानित किया

इसे आकाशवाणी और द्रदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित किया जायेगा यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और मोबइल ऐप पर भी सुना जा सकता है यह आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सुचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा हिन्दी में कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद आकाशवाणी से इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद शाम आठ बजे फिर से प्रसारित किया जायेगा पूर्व आईएएस ईडी कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूर्व आईएएस अधिकारी बाबूलाल अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सत्ताईस करोड़ छियासी लाख रूपये की संपत्ति कुर्क की है ईडी से मिली आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बाबूलाल अग्रवाल के खिलाफ आपराधिक कदाचार और धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है कुर्क की गई संपत्ति में संयंत्र और मशीनरी बैंक खातों में शेष राशि तथा बाबूलाल अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों की अचल संपत्तियां शामिल हैं ईडी के मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो ने बाबूलाल अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया था इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी जिसमें बाबूलाल अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित की गई अनुपातहीन संपत्ति का खुलासा किया गया गौरतलब है कि ईडी ने बाबूलाल अग्रवाल को बीते नौ नवंबर को गिरफ्तार किया था और वह पांच दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में है

डॉग स्क्वॉड छत्तीसगढ में सुरक्षा बलों की डॉग स्क्वॉड राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में माओवाद विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं

आयोग की अध्यक्ष प्रभा दुबे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पुलिस सभी जिलों की विशेष किशोर इकाई बाल कल्याण समिति बाल संरक्षण इकाई और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए अनुसूचित जनजाति प्रकरण वापसी प्रदेश के बस्तर संभाग और राजनांदगांव जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के खिलाफ विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण में अब तेजी लाई जाएगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर आदिवासियों के खिलाफ विचाराधीन प्रकरणों के संबंध में समीक्षा की और इनके निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए बैठक में बताया गया कि बस्तर संभाग के सात जिलों और राजनांदगांव जिले में चार सौ चौरानवे प्रकरणों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विचाराधीन लोगों की कुल संख्या आठ सौ उनहत्तर है जिला स्तरीय समिति द्वारा सात सौ बाईस लोगों के खिलाफ विचाराधीन प्रकरणों को वापस लिए जाने की अनुशंसा गृह विभाग से की गई है मौसम और अब पेश है मौसम का हाल प्रदेश में मौसम साफ होने के बाद अब ठंड महसूस होने लगी है बीते चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश को सभी संभागों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर दिशा से शुष्क और ठंडी हवा आ रही है इसके कारण प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ ही अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि होने की संभावना है अगले चौबीस घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा संक्षिप्त समाचार खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मैनपाट क्षेत्र का दौरा किया इस दौरान उन्होंने पर्यटन की दृष्टि से मैनपाट को बुद्विजम सर्किट से जोड़ने की बात कही अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए वर्ष दो हजार बीस इक्कीस में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तीस दिसंबर निर्धारित की गई है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा सत्र अप्रैल मई दो हजार बीस की परीक्षाएं आगामी दिसंबर माह के तीसरे सप्ताह में ऑनलाइन आयोजित किए जाने की संभावना है

महासमुंद जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल और पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने धान खरीदी प्रशिक्षण सत्र के बाद साल्हेझरिया और पलसापाली स्थित जांच नाका का निरीक्षण किया

शिविर में पलायन करने वाले श्रमिकों के पंजीयन की कार्रवाई की गई कबीरधाम जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र के धरमपुरा में सामाजिक धार्मिक निर्माण कार्यो के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में समाज विशेष के लोगों ने आज चक्काजाम किया इस मामले में पचास से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया है प्रदेश में बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की छात्राओं को क्लीनिकल प्रशिक्षण के लिए उपस्थित रहने के निर्देश जारी किए गए हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा दसवीं और बारहवीं की पूरक परीक्षा के साथ ही डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं

इसी जिले के हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम अमोदा के पास ट्रैक्टर ट्रॉली से दबकर एक महिला की मौत हो गई रायपुर जिले के नेवरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक जुआ अड्डे पर छापामार कार्रवाई कर अट्ठारह लोगों को गिरफ्तार किया है दुर्ग पुलिस ने छावनी जोन से सट्टा खेलाने के आरोप में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से इंक्यानवे हजार रूपये की नगद राशि जब्त की गई है